उन्होंने कहा कि इस योजना का फायदा बुंदेलखंड के प्रत्येक गरीब परिवार को मिलेगा

श्री गांधी आज दमोह जिले के पथरिया और पन्ना जिले के अमानगंज में भी सभाओं को संबोधित करेंगे वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल होशंगाबाद जिले के इटारसी में जनसभा को संबोधित करेंगे श्री मोदी अगले सप्ताह भी प्रदेश के दौरे पर आयेंगे

इस सभा में ग्वालियर से भाजपा उम्मीदवार विवेक शेजवलकर मुरैना के प्रत्याशी नरेन्द्र सिंह तोमर और भिंड की प्रत्याशी संध्या राय मौजूद रहेंगी नामांकन जांच प्रदेश में आखिरी चरण में आठ लोकसभा क्षेत्रों इन्दौर उज्जैन देवास धार मंदसौर रतलाम खरगोन और खंडवा में आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है इन सीटों पर नामांकन पत्र दाखिल करने का कल अंतिम दिन था

यहां दो मई तक नाम वापस लिये जा सकते हैं

इनमें प्रमुख रूप से भाजपा प्रत्याशी नंदक्मार सिंह चौहान कांग्रेस से अरूण यादव बसपा प्रत्याशी दयाराम प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल है शाजापुर में देवास लोकसभा क्षेत्र के लिए कल आखिरी दिन भाजपा प्रत्याशी ने एक और नामांकन पत्र जमा किया विशेष कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार एकांश के लोकसभा चुनाव पर केन्द्रित विशेष कार्यक्रम आपका वोट आपकी सरकार में आज रात आठ बजे से आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से सुनिए रीवा खजुराहो और होशंगाबाद लोकसभा सीटों का हाल यहां के अहम मुद्दों पर लोगों की राय और सियासी समीकरणों का लेखा जोखा मतदाता जागरूकता लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये इन दिनों मतदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है इसी के तहत ग्वालियर में आज सुबह मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से आयोजित दौड़ का शुभारंभ जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग चौधरी और पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने किया इस मौके पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया दौड़ फूलबाग मैदान पर समाप्त हुई समापन अवसर पर कलेक्टर ने उपस्थित सभी लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने तथा मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करने की शपथ दिलाई इससे पहले कल जिले में स्थित पिछोर किले पर मानव श्रंखला बनाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया उधर शाजापुर जिले में कल आंगनबाड़ी केन्द्रों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी मतदाताओं को जागरूक कर मतदान की शपथ दिलाई गई वहीं दमोह जिले के पथरिया में शासकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को पीले चावल देकर मतदान का न्यौता दिया गया मौसम प्रदेश के तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है कल खरगौन जिला सबसे अधिक गर्म रहा

तेज गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है

हमारे सतना संवाददाता ने बताया कि जिले में तेज गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित है दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा बना रहता है होशंगाबाद में झुलसाने वाली गर्मी का असर बना हुआ है

यहां तापमान और बढ़ने की संभावना जताई गई है

उन्होंने यहां पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर से मुलाकात की